प्रदेश की एक्सपोर्ट दर बढ़ाने को लेकर केंद्रीय वाणिज्य सचिव से मुख्य सचिव ने चर्चा की

प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारीबर्फबारी से बंद थल मुनस्यारी मोटरमार्ग खुला

इसके लिए उन्होंने बैंकर्स से अधिक से अधिक साक्षरता अभियान संचालित करने को कहा वित्त मंत्री ने संचालित समाजिक सुरक्षा योजनाओं को लोगों तक पहंचाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की कार्ययोजना के तहत काम करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगारी की समस्या दूर होने के साथ साथ राज्य की आर्थिकी भी उन्नत होगी वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन समूह योजना से स्थानीय निकायों के विस्तार के कारण जुड़े नये गांवों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने और पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने बैंकर्स से इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए योगदान की अपील की स्लग एक्सपोर्ट दर बैठक बुधवार को देहरादून में केन्द्रीय वाणिज्य सचिव अनूप बधावन ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात की और प्रदेश की एक्सपोर्ट दर बढ़ाने के संबंध में विचार विमर्श किया इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में योग और आयुष के क्षेत्र में निवेश की पर्याप्त संभावनाएं है उन्होंने इसके लिए स्प्रीचुअल इकोनॉमिक जोन के प्रस्तावों पर केन्द्र से सहयोग की अपेक्षा की देश की निर्यात दर में वर्तमान में कृषि फार्मा और अन्य वस्तुओं के प्रदेश की निर्यात दर दशमलव पांच प्रतिशत है इसे दोगुना करने के लिए मुख्य सचिव ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने के लिए केन्द्र से सहायता का अनुरोध किया उन्होंने यहां उत्पादित मशरूम आदि के लिए कार्गो सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखा वहीं वाणिज्य सचिव ने इस सम्बन्ध में एअर इण्डिया और राज्य के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक करने की बात कही मुख्य सचिव ने कृषि उत्पादों के निर्यात में बढावा देने के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से फोन पर प्रमाणीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गौरतलब है कि निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों को प्रमाणीकरण के लिए केन्द्र द्वारा पंतनगर विश्व विद्यालय को प्राधिकृत किया गया है मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि जल्द ही प्रदेश की निर्यात पॉलिसी कैबिनेट के समक्ष लायी जायेगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि नफरत और आतंक की शक्तियों ने भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को निशाना बनाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन परिसर में इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी

लंबे समय तक चली गोलीबारी के बाद सुरक्षाकर्मियों ने पांचों आतंकवादियों को मार गिराया था इस मुठभेड़ के दौरान संसद सुरक्षा सेवा के दो कर्मी दिल्ली पुलिस के पांच जवान और केन्द्री य रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कॉस्टेबल शहीद हो गए थे इस हमले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक माली भी शहीद हो गया था

चमोली में मुख्य उद्यान अधिकारी नरेन्द्र यादव ने बताया कि सी ग्रेड माल्टा और पहाड़ी नींबू फलों के लिए समर्थन मूल्य क्रमशः सात रुपये और चार रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया है उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा माल्टा और पहाड़ी नींबू फलों के उर्पाजन की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी गई है उन्होंने इस संबंध में अधीनस्थ सभी उद्यान संचल दल केन्द्र के प्रभारियों को फलों के उपार्जन की अनुमानित मात्रा का आंकलन कर जल्द अवगत कराने के निर्देश दिये मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि योजना उद्यान कार्डधारकों के लिए होगी ठेकेदार और बिचौलयों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा उन्होंने कहा कि संबंधित उत्पादकों को घोषित समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में वे अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे मुख्य उद्यान अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में चार संग्रहध्क्रय केन्द्र बनाये गये हैं जहां पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है

आज राजभवन में राज्यपाल के सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया प्रष्य प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा किया जायेगा इसी दिन डाक विभाग प्रदेश की किसी विशेष पुष्प प्रजाति पर डाक टिकट भी जारी करेगा राज्यपाल के सचिव ने पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में फ्लोरीकल्चर को प्रोत्साहित करने और व्यावसायिक पृष्प उत्पादकों को बढ़ावा देने की बात कही

स्लग स्कीइंग प्रतियोगिता राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने विंटर डेस्टिनेशन औली में स्कीइंग कोर्स और राष्ट्रीय जूनियर स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि बर्फ बनाने की मशीन को द्रुस्त कर लिया गया है और कृत्रिम बर्फ बनाने का काम भी शुरू हो गया है

पर्यटन सचिव ने कहा कि जुनियर वर्ग की राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और फरवरी के प्रथम सप्ताह से इस प्रतियोगिता को शुरू करने की योजना है उन्होंने बताया कि अगले वर्ष दक्षिण एशियाई स्कींग प्रतियोगिता के आयोजन के प्रयास किए जा रहे हैं श्री जावलकर ने पर्यटन और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि पर्यटक स्कीइंग स्लोप में गंदगी फैला देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदृषित होता है इस पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से स्कीइंग स्लोप पर जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अनिवार्य न्यूनतम शुल्क की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू की जाएगी गौरतलब है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम हर साल औली में स्कीइंग कोर्सेज आयोजित करवता है

कोर्सेज को जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू किया जाएगा

आज भी ऊंचाई वाली जगहों पर हिमपात हुआ नैनीताल में सुबह से ही हल्की बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हुई जिले के धानाचूली रामगढ़ मुक्तेश्वर सूपी पंगूर आदि क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई बागेश्वर जिले में कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हुआ कौसानी गरुड़ कपकोट कटपुड़िया आदि जगहों में रिमझिम बारिश हई पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी सहित आसपास के क्षेत्रों में बुधवार रात से ही बर्फ गिरने लगी मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पंचाचूली हंसलिंग राजरंभा खलियाटॉप कालामुनि और अन्य चोटियों में जमकर हिमपात हुआ है जिससे चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है वहीं चमोली जिले में बदरीनाथ हेमकंड साहिब औली रुद्रनाथ सहित ऊंची चोटियों में भी बर्फबारी हई है देहराद्न समेत कई क्षेत्रो में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबादी हुई बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है हालांकि पर्यटकों और व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं

वहीं अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे स्लग रास्ता खुला पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में भारी बर्फबारी के चलते बंद पड़े थल मुनस्यारी मोटरमार्ग को खोल दिया गया है

लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली मुनस्यारी मुख्यालय समेत कालामुनि बेटुलीधार खलियाटॉप बलाति में आज जमकर बर्फबारी हुई है ऊंचे इलाकों में जहां करीब दो फीट तक बर्फ पड़ी है वहीं मुनस्यारी में आधा फीट तक बर्फ पड़ चुकी है

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बर्फबारी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग को मुस्तैद रहने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा अगर सड़क बंद होती है तो उसे स्नो कटर और जे सी बी के माध्यम से तुरंत खोल दिया जाएगा वहीं बर्फबारी के चलते कई ग्रामीण इलाकों में बिजली और पेयजल की समस्या भी पैदा हो गयी है स्लग बैठक टिहरी नई टिहरी में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सोनिका ने राजस्व पुलिस के अन्तर्गत आने वाले महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों को पुलिस विभाग को समय से न सौंपने पर नाराजगी जताई

उन्होंने महिलाओं के मामलों में तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिये वहीं ठंड के मौसम के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जिले के द्रस्थ स्थानों विशेषकर घनसाली प्रतापनगर धनोल्टी में रसोई गैस खाद्य सामग्री और केरोसीन का स्टॉक रखने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिये अब संक्षिप्त समाचार अल्मोड़ा में आज सुबह पनुवानौला के पास वृद्ध जागेश्वर मार्ग पर एक वाहन गहरी खाई में गिर गया इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए बारात से लौटते हुए ये हादसा हुआ चमोली जिले में बीती रात बारात से लौट रहा एक वाहन घाट सितेल मोटरमार्ग पर पचास मीटर गहरी खाई से नंदाकिनी नदी में गिर गया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया